फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी राजधानी में चल रहे तीन दिवसीय फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आज दूसरा दिन है आज दिन भर मतदाताओं में जागरुकता लाने के लिए चित्रकला रंगोली आदि प्रतियोगिताएं तथा शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जायेगा स्थानीय एमवीएम मैदान में कल से शुरु हुए तीन दिवसीय फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है आज दूसरे दिन भी कार्यकमों का दौर चलेगा कल तीस अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत साहसिक खेल हॉट एयर बेलून एयरो माडलिंग कमांडो ड्रिल बुल राइड एटीवी बाइक बंगी रन तीरंदाजी रायफल शूटिंग वाल क्लाइबिंग वाटर रोलर पेरामोटर और पैरा सेलिंग आदि का आयोजन किया जा रहा है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ ही तीन दिवसीय काइट फेस्टिवल भी चल रहा है

मोदी सरदार पटेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता संवेदनशीलता और राजनीतिक कौशल के कारण ही देश एक सूत्र में बंधा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है उन्होंने कहा कि मैं नहीं हम की भावना लोगों को निश्चित रूप से प्रेरित करती रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी विश्व शांति की चर्चा होगी वहां भारत का नाम और योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिखेगा राहुल गांधी दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं श्री गांधी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनसभा को सम्बोधित करेंगे उनका इन्दौर में रोड शो और जनसभा भी है राहल गांधी के दो दिवसीय दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है इस अवसर पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के भी उपस्थित रहने की संभावना है श्री गांधी कल आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में भी आमसभा को सम्बोधित करेंगे भाजपा शामिल शहडोल के जिला पंचायत के सदस्य एवं कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष शरद कोल तथा आम आदमी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक सुश्री नेहा बग्गा कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई भाजपा की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री कोल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्रबुद्धे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष भाजपा में शामिल हुए हैं इसी तरह आम आदमी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक सुश्री नेहा बग्गा भाजपा में शामिल हई उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के समक्ष पार्टी की सदस्यता ली इस अवसर पर भोपाल के सांसद आलोक संजर सहित कई भाजपा नेता उपस्थित थे मतदाता जागरूकता प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यकमों के आयोजन का सिलसिला जारी है

इसी तरह शिवपूरी जिले में नोडल अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन कार्य हेतु सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा की गई इस दौरान अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान समय समय पर राजनैतिक दलों एवं चूनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देर्न हेतू आयोजित होने वाली स्टेडिंग कमेटी की बैठकों में नोडल ऑफिसर आवश्यक रूप से उपस्थित रहे जिससे संबंधित नोडल अधिकारी निर्वाचन संबंधी आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दे सके

इसके लिए सभी ग्राम पंचायत मे नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं जिला मुख्यालय उमरिया स्थित स्टेडियम में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल दीप जलाकर मतदान का संदेश दिया गया

उच्च न्यायालय ने अयोध्या में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला दिया था प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में दायर अपीलों की सुनवाई करेगी

यह मुद्दा उस समय उठा था जब तीन न्यायाधीशों की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी

हॉकी ओमान के मस्कट में कल रात एशियन चैम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया भारी वर्षा के कारण फाइनल मैच खेला नहीं जा सका दोनों पक्ष के कोच की सहमति से यह निर्णय लिया गया

इससे पहले भारत और पाकिस्तान दो दो बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीत चुके हैं

इसी कम में कल ग्वालियर में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने जनसभा को संबोधित किया

इस पर काबू पाने के लिये मुरैना जिले की दमकलें वहां भेजी गई

मार्च नेहरु कॉलेज तिराहे से शुरु हुआ और अमलाई चौक पर समाप्त हुआ इस दौरान प्रत्येक वार्ड में फ्लैग मार्च के जरिये लोगो को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया